ग्राम सभा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल बीस अगस्त से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा इस दौरान होने वाली बैठकों में कृषि स्वास्थ्य पेयजल स्वच्छता पोषण और बाल संरक्षण जैसे मुद्दों के साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी

इस संबंध में पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है इसके अनुसार कलेक्टरों को जनपद पंचायतवार सभी गांवों में ग्रामसभा के आयोजन के लिए समय सारिणी बनाने के निर्देश दिए गए हैं खासकर ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां एक से अधिक गांव शामिल हैं ग्रामसभा के लिए अलग अलग तिथि सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि सरपंच और सचिव सभी आश्रित गांवों के ग्रामीण ग्रामसभा में शामिल हो सके

इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे पार्टी सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात के दौरान प्रदेश की सभी जिला इकाईयों में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के चयन सहित यहां के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई इस दौरान श्री बघेल ने श्रीमती गांधी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया माओवाद बैठक केन्द्र सरकार अब छत्तीसगढ़ सहित ग्यारह राज्यों के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने की कवायद में जुट गई है इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छब्बीस अगस्त को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई है जिसमें माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के भी शामिल होने की संभावना है इस बैठक में माओवाद प्रभावित राज्यों में हिंसा और विकास की स्थिति का आंकलन किया जाएगा साथ ही माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए भविष्य में उठाए जा सकने वाले कदमों पर भी विचार विमर्श होगा

इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल है आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल सेक्शन कमांडर राकेश उइके उर्फ बिल्ला पर आठ लाख रूपये और सेक्शन डिप्टी कमांडर ककेम सुक्कू उर्फ सुखलाल पर तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों पर जिले में हुई विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इन माओवादियों ने बीजापुर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी कोमल सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण किया समर्पण करने वाले माओवादियों ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला लिया है वहीं कांकेर जिले के पखांजूर इलाके में बेचघाट के पास सुरक्षा बलों ने दो विस्फोटक बरामद किए हैं पुलिस के अनुसार माओवादियों ने ये विस्फोटक सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगा रखे थे तलाशी पर निकले जवानों ने विस्फोटक बरामद करने के तुरंत बाद उसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया मुख्यमंत्री नई दिल्ली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के प्रयास में जुटी हुई है उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है नई दिल्ली में नए नेतृत्व में बदलते छत्तीसगढ़ विषय पर आयोजित व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा गरूवा घुरूवा और बाड़ी के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल की गई है

राज्य सरकार के इस निर्णय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है इनमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वर्तमान राष्ट्रपति वर्तमान प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंदिरा गांधी राजीव गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जानी हैं राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों में वर्तमान राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीरें भी लगाने का फैसला लिया है

समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने समिति के सदस्यों से पूर्ण शराबबंदी के लिए सुझाव मांगे बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि शराबबंदी के निर्णय को लागू करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया जाए और जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है वहाँ अध्ययन दल भेंजे जाएं समिति के सदस्यों ने बैठक में कारगर तरीके से पूर्ण शराबबंदी किए जाने के सम्बंध में अपने अपने सुझाव दिए

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में सतत् स्वच्छता पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि सरकार जल्द ही इस प्रथा को खत्म करने और इस कार्य में शामिल लोगों के पुनर्वास से संबंधित कानून बनाने पर विचार कर रही है उन्होंने कहा कि इस कार्य में रोजगार की संभावना को भी खत्म किया जाएगा ताकि यह रूढ़िवादी प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो सके ईओडब्ल्यूएसीबी छापा प्रदेश के चर्चित नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज छापेमारी की इस दौरान अधिकारियों की टीम ने नान के तत्कालीन प्रबंधक चिंतामणि चंद्राकर के दुर्ग कांकेर और बेंगलुरू स्थित मकानों के अलावा अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीमों ने एक साथ चिंतामणि चंद्राकर के सभी मकानों और अन्य जगहों पर छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए चिंतामणि चंद्राकर वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कांकेर कार्यालय में उप लेखा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं राजीव गांधी जयंती पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कल प्रदेश कांग्रेस की ओर से राजधानी रायपुर सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस मौके पर स्वर्गीय गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रार्थना सभाएं की जाएंगी साथ ही पौधरोपण के अलावा रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे रायपुर में एक बयान जारी कर पार्टी के प्रदेश महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने यह जानकारी दी है वहीं कल रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में संस्कृति विभाग द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर स्मरणांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा मौसम मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है जबकि अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है बीते चौबीस घंटों के दौरान कुसमी रामानुजगंज सूरजपुर वाड्रफनगर और बलरामपुर में पंद्रह से नौ सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की गई मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय झारखंड और बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से राज्य में मानसूनी हलचल फिर बढ़ गई है आज शाम राजधानी रायपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत भी मिली है इस बीच राज्य में इस वर्ष अब तक सात सौ इकयासी मिलीमीटर औसत वर्षा हो चुकी है प्रदेश के बस्तर संभाग में औसत से बहुत अधिक बारिश हुई है जबकि दुर्ग गरियाबंद और कबीरधाम जिलों में बहुत कम वर्षा हुई है